भाजपा जल्द करेगी नामों की घोषणा अप्रशिक्षित शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिये न्यूनतम योग्यता इंटरमीडिएट निर्धारित

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि रक्षा क्षेत्र में स्टार्टअप को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए पूरे देश में रक्षा नवाचार केन्द्र खोले जाएंगे श्री मोदी ने कहा है कि शांति के लिए भारत की प्रतिबद्धता उतनी ही मजबूत है जितनी कि देश की सीमा की रक्षा के लिए है उन्होंने कहा कि सरकार सशस्त्र बलों को आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने को तैयार है चेन्नई के पास दसवीं रक्षा प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने रक्षा उत्पादन से जुड़े लघु और मध्यम क्षेत्र के उद्योगों की सराहना करते हुए कहा कि चार वर्षों में रक्षा उत्पादन में दो सौ प्रतिशत की वृद्धि हुई है वहीं प्रधानमंत्री कल छत्तीसगढ़ के बीजापुर में आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत एक संपूर्ण स्वास्थ्य केंद्र की शुरूआत करेंगे विधान परिषद की ग्यारह सीटों पर होने वाले चुनाव के लिये राजद के प्रत्याशी आज अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे राजद की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी प्रदेश राजद अध्यक्ष डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे और नालंदा जिला राजद के पूर्व अध्यक्ष सैय्यद मोहसिन खुर्शीद के साथ संतोष सुमन उम्मीदवार हैं वहीं जदय् के प्रत्याशी सोलह अप्रैल को नामांकन दाखिल करेंगे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया है कि अगले दो दिनों में प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी जायेगी उधर भाजपा प्रत्याशियों के रूप में सुशील कुमार मोदी और मंगल पाण्डेय के नामों की घोषणा किये जाने की संभावना है नामों के चयन के लिये कल हुई बैठक में प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय केंद्रीय विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद स्वास्थ्य मंत्री मंगल पाण्डेय समेत कई अन्य पार्टी नेता शामिल हुये थे रेलमंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि रेलवे का कोई कैटरर यदि ग्राहक को खाने का बिल नहीं देता है तो उसे मुफ्त में खाना देना होगा श्री गोयल ने रेल भवन में उपस्थित कैटरिंग ठेकेदारों को वीडियों काफ्रेंसिंग के जरिये संबोधित करते हये कहा कि खाने की गुणवत्ता और कीमतों को लेकर कोई समझौता नहीं किया जायेगा चम्पारण सत्याग्रह शताब्दी वर्ष के समापन के उपलक्ष्य में बापूधाम मोतिहारी स्टेशन को महात्मा गांधी के आगमन से संबंधित घटनाओं की तस्वीरों से सजाया गया है कृषि मंत्री राधामोहन सिंह पन्द्रह अप्रैल को आकर्षक रूप में विकसित किये गये स्टेशन का लोकार्पण करेंगे सहकारिता विभाग की ओर से राज्य में ऑनलाइन माध्यम से पैक्स में सदस्य बनाने का अभियान तेजी से चलाया जा रहा है आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि राज्य में अभी तक इसके लिये एक लाख उनतालीस हजार आवेदन प्राप्त हुये हैं सरकार ने राज्य में प्रत्येक परिवार से कम से कम एक वयस्क को अनिवार्य रूप से पैक्स का सदस्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है सामाजिक आर्थिक और जाति आधारित जनगणना के आधार पर सदस्य बनाया जा रहा है राज्य के पांच सड़कों को विकसित किये जाने का कार्य अक्टूबर महीने में एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से शुरू होगा इनमें राज्य उच्च पथ एसएच अंठावन एसएच बयासी एसएच चौरासी एसएच पचासी और एसएच एक सौ दो के मार्ग शामिल हैं राज्य में खादी उत्पादन और उसके उद्योग को जीविका समूह से जोड़ा जायेगा बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड ने नालंदा मुजफ्फरपुर बांका भागलपुर मुंगेर मधुबनी और दरभंगा जिलों में दो सौ अस्सी लोगों को प्रशिक्षित किया है बोर्ड के अनुसार लोगों को सूत कताई दरी कालीन की बुनाई मधुमक्खी पालन और जूट से जुड़े सामानों को बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है खादी संस्थाओं को एक हजार त्रिपुरारी मॉडल चरखा दिया गया है राज्य के बुनकरों के लिये निफ्ट से डिजाईन तैयार कराये गये हैं प्रदेश सरकार ने अप्रशिक्षित शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिये न्यूनतम योग्यता इंटरमीडिएट निर्धारित की है शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार शिक्षक प्रशिक्षण के लिये पचास प्रतिशत अंको के साथ इंटरमीडिएट पास होना होगा इसमें अनुसूचित जाति जनजाति और दिव्यांगों को पांच प्रतिशत की छूट मिलेगी जबकि ऊर्द् विषय के अभ्यर्थियों के लिये अधिकतम दस प्रतिशत सीटें आरक्षित होंगी इसके साथ ही जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान तथा प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालयों में दो वर्षीय डिप्लोमा कोर्स में चयन का आधार दसवीं और बारहवीं परीक्षा के प्राप्तांक का प्रतिशत होगा दो अभ्यर्थियों के प्राप्तांक का औसत समान होने पर अधिक उम्र वाले शिक्षक अभ्यर्थी को प्राथमिकता मिलेगी प्रदेश में किसानों को वर्चुअल कार्ड से खाद बीज दिये जायेंगे साथ ही कृषि योजनाओं पर अनुदान राशि के लिये अब किसानों को बार बार आवेदन नहीं देना होगा कार्ड के माध्यम से सरकारी अनुदान की राशि सीधे खाद बीज दुकानदारों के खातों में भेजी जायेगी कृषि विभाग के अनुसार सरकार अनुदान की राशि बैंकों में पहले ही जमा कर देगी किसान जैसे ही वर्च्रअल कार्ड का प्रयोग करेंगे उसमें से राशि खाद बीज विक्रेता के खाते में चली जायेगी वहीं कृषि विभाग ने किसानों को धातु की कोठिला खरीदने के लिये अनुदान देगी इसके लिये दो सौ पचास लाख रूपये की स्वीकृति दी गयी है भोजपुर जिले में पुलिस ने वाहन जांच के दौरान एक देशी कद्दा और कारतूस के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है वहीं इसी जिले के चरपोखरी थाना क्षेत्र के पसऊर गांव से पुलिस ने तीन लोगों को शराब पीने के आरोप में गिरफ्तार किया है उधर खगड़िया जिले के मुफ्फसिल थाना क्षेत्र में पुलिस ने भारी मात्रा में शराब बरामद कर चार लोगों को गिरफ्तार किया है केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों से चौदह अप्रैल को डॉ आम्बेडकर जयंती पर किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए आवश्यक एहतियाती उपाय करने को कहा है मंत्रालय ने राज्यों से किसी भी जानमाल के नुकसान को रोकने के लिए सभी संवेदनशील स्थानों पर गश्त तेज करने का निर्देश दिया है पटना सिटी क्षेत्र में स्थित पटना साहिब महोत्सव आज से शुरू हो रहा है महोत्सव में गुरूवाणी सुफी संगीत जैसे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है राजधानी पटना और उसके आसपास के क्षेत्र के तापमान में दो डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि होने की संभावना है मौसम विभाग के अनुसार पटना और भागलपुर का अधिकतम तापमान आज छत्तीस डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है विभाग के वैज्ञानिकों के अनुसार राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में मौसम में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा जबकि कल हिमालय क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ के कमजोर होने से मौसम शुष्क रहने की संभावना है वहीं पूर्णिया का न्यूनतम तापमान तेईस डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाने की संभावना जतायी गयी है इक्कीसवीं राष्ट्रमंडल खेलों के डबल ट्रैप निशानेबाजी प्रतियागिता में बिहार की श्रेयसी सिंह ट्रैप इवेंट में स्वर्ण पदक जीतने के लिये आज फाईनल में निशाना साधेंगी श्यामल सिन्हा अंडर सिक्सटीन क्रिकेट प्रतियोगिता के लिये पटना जिला क्रिकेट संघ ने प्रशिक्षण मैच के लिये दो टीमों की घोषणा कर दी है जिसमें सैंतीस खिलाड़ियों का चयन किया गया है उधर खगौल में खेले जा रहे बर्नाड फुटबॉल प्रतियोगिता में सहारा स्पोर्टिंग क्लब लखनऊ की टीम ने जमशेदपुर को शून्य के मुकाबले दो गोलों से पराजित कर अगले चक्र में प्रवेश कर लिया है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 हिन्दुस्तान अखबार ने एससी एसटी मामले को अपनी सुर्खी बनाते हुये लिखा है सुप्रीम कोर्ट का फैसला वापस हो प्रभात खबर ने लिखा है शराब तस्करों की संपत्ति जब्ती की प्रक्रिया जल्द दैनिक भास्कर ने मंदिर से मूर्ति चोरी की खबर पर शीर्षक दिया है समस्तीपूर के नरघोघी मठ से डकैतों ने बीस बीस किलो सोने की दो मूर्तियों समेत चौदह प्रतिमाएं लूटी वजन ज्यादा हुआ तो अठारह छोड़ दी दैनिक जागरण ने गोल्ड कोस्ट छाया भारत का सुल्तान शीर्षक से बड़ी खबर बनाया है इसके साथ ही अखबारों ने क्छ अन्य खबरों को भी पहले पन्ने पर जगह दी है प्रभात खबर ने नहीं करूंगा सुनवाई नहीं चाहता चौबीस घंटे में पलटा जाये मेरा आदेश दैनिक जागरण ने राबड़ी के आवास की सुरक्षा बहाल दैनिक भास्कर ने बिजली कंपनी में दो हजार पदों पर होगी बहाली और हिन्दुस्तान ने वैशाली के छह लोग ओमान में फंसे को पहले पन्ने पर जगह दी है

भाजपा जल्द करेगी नामों की घोषणा अप्रशिक्षित शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिये न्यूनतम योग्यता इंटरमीडिएट निर्धारित